प्रदेश में कोविड टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर पहले चरण में तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर लगाई जायेगी वैक्सीन

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देशभर के छह सौ जिलों में किया जायेगा श्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीकाकरण के विश्व के सबसे बडे अमियान की शुरूआत कल सुबह वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से करेंगे कोविड टीकाकरण का यह अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तीन हजार छः स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग सौ लामार्थियों को टीका लगाया जाएगा इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जाएगा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को पिन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण अमियान के विमिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए सामान्य रूप से पूर्छे जाने वाले सवाल और उनके जवाबों की श्रृंखला जारी की है इसके अनुसार कोविड के टीके की दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह बाद सामान्यतया सुरक्षात्मक एंटी बॉडी बन जाती हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोपिड टीकाकरण स्पैच्छिक है हालांकि यह भी सलाह दी गई है कि इस संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कोविड टीके के पूरे चक्र का पालन जरूरी है प्रदेश में टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं यहां पहले चरण में तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरणसे संबंधित जरूरी प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है और पहले दिन वैक्सीन तगानेका काम सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक किया जाएगा समी जिलों में वैक्सीन कीसुरक्षा का लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यक्स्था की गई है

सुशील वन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ संसद का बजट सत्र इस महीने की उन्तीस तारीख से शुरू होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिर्पोटों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाई पन्द्रह फरवरी को स्थगित हो जायेगी बजट सत्र का दूसरा भाग आठ मार्च को शुरू होगा सरकारी प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सत्र के आठ अप्रैल को सम्पन्न होने की संमावना है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल फिरोजाबाद के कांच उद्योगों का निरीक्षण कर इससे जुड़े उद्यमियों से कारोबार को और बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं सेवी संस्थाओं से कुपोषित और टीबी ग्रसित बच्चों को गोद लेने का आह्वान किया राज्यपाल ने यहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादन की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मन्दिर में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी एप तथा डाक विमाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का लोकार्पण किया

गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसुची का एक हिस्सा बन गया है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अब तक सूचना डायरी एक पुस्तक के रूप में होती थी जिससे बहत ज्यादा कागज खर्च होता था और व्यक्ति संतष्ट नही हो पाता था इस लिए इस डिजिटल यूग में उत्तर प्रदेश के सुचना एवं जनसम्पर्क विमाग की डायरी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये सूचना डायरी डिजिटल ऐप का लांच किया गया है सूचना डायरी के डिजिटल फार्म मे आ जाने पर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट फोन पर इस एप को डाउनलोड कर सकता है उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह ऐप बहुत ही सहुलियत वाला और दूरदर्शी ऐप है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देशमर के छह सौ जिलों में शुरू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलायी जा रही इस योजना में नये जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान कोन्द्रित किया गया है

योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुमव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किये हैं ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके

भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई यह योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है

अब तक राज्य में कूल पांच लाख छियत्तर हजार पांच सौ उन्नीस कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक दो करोड़ अट्ठावन लाख इकतालीस हजार पांच सौ तैतीस कोरोना के नमूनों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लामान्वित हो रहे हैं और अब तक तीन लाख इक्यान्नबे हजार से अधिक लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लिया है मकर संक्रांति का पर्व कल पूरे प्रदेश में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मान्यता के अनुसार यह त्योहार पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रदेश में यह त्योहार मुख्य रूप से दान पर्व है समूचे राज्य में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्याधिक महत्व होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया सदियों से नाथ सम्प्रदाय के इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परम्परा रही है भारतीय सशस्त्र बल ने कल वेटरन डे मनाया देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की उत्लेखनीय सेवाओं के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है

सेना मुख्यालय मध्य कमान के तत्वायान में लखनऊ में कल सेना चिकित्सा कोर और कॉलेज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक रैली आयोजित की गई गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरविन्द कुमार शर्मा ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे